मध्यप्रदेश के इंदौर में इमाम हसैन की शहादत की याद में दाउदी बोहरा समुदाय के समारोह आशरा ए मुबारकां में उन्होंने कहा कि भारत का समाज और इसकी विरासत दुनिया में सबसे अलग है पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले वसुधेव कुट्बंकम हम वो लोग जो सबको साथ लेकर चलने की परंपरा को जी करके दिखाने वाले लोग हमारे समाज की हमारे विरासत की यही शक्ति है जो हमें दुनिया के दसरे देशों से अलग पहचान पैदा करती है श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों को अपने अतीत पर गर्व है वर्तमान में विश्वास है और उज्जवल भविष्य के लिए आत्मविश्वास है प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन ने शांति और न्याय के लिए संघर्ष किया

उन्नीस सौ उन्वास में आज के ही दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजमाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए समारोह को संबोधित करते हए श्री नायड् ने कहा हिन्दी के बगैर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना संभव नहीं श्री नायड् ने कहा कि सबको अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए कोई भी अपना देश भाषाओं को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है सभी भाषा सीखना चाहिए बोलना चाहिए मगर सबसे पहले मातृभाषा भारतीय भाषा अपना भाषा सीखना चाहिए अपना भाषा बोलना चाहिए समारोह की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिन्दी देश को जोड़ती है पूरे विश्व में हिन्दी के प्रति आकर्षण के बारे में श्री सिंह ने कहा गूगल जैसी कंपनी भी हिंदी को बढ़ावा दे रही है माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक भी इसको बढ़ावा दे रही है हिंदी को बढ़ावा देने के पीठे आर्थिक दृष्टि काम करती है उन्होंने समझ लिया है कि भारत और भारतीयता से प्रभावित लोगों के बीच अपने उत्याद को यदि हमें स्थापित करना है तो हिंदी को अपनाना ही होगा गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर किरेन रिजिजू और अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए

वाराणसी में कल हुई एक समीक्षा वैठक के दौरान उन्होंने बताया कि कल से दो अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा मनाया जायेगा उन्होंने अपील की कि इस दौरान गंदगी पर अंतिम प्रहार कर जहां भी कूड़ करकट हो इसे साफ करा दिया जाय उन्होंने निर्देश दिया कि गंगा नदी में कहीं भी गंदगी नहीं गिरनी चाहिए कल ही मुख्यमंत्री ने जौनपुर में प्रदेश के पूर्व मंत्री उमानाथ सिंह की चौबीसवीं पुण्य तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों से अपील की कि सभी नागरिक कल से शुरू हो रहे स्वच्छता अभियान में शामिल हों और इसमें एक घंटे का समय दें उन्होंने कहा कि जौनपुर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की कर्मभूमि रही है जहां से उन्होंने अन्त्योदय का नारा दिया था

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में आज केन्द्र और समी राज्यों को कई निर्देश दिए

यह सहायता राशि वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के दौरान रबी मौसम में सूखे से प्रभावित रहे उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी जाएगी महाराष्ट्र को यह सहायता पिछले वर्ष फसल को तुफान और कीड़ों से हए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदान की जाएगी

इस अवसर पर दूरदर्शन के मुख्यालय में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए सुचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कार्यक्रम में कहा कि दूरदर्शन ने देश भर में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि दूरदर्शन देश की विकास यात्रा का एक अंग है उन्होंने कहा कि सबसे अनुमवी लोगों ने दूरदर्शन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है और उनकी वजह से इस संगठन ने नई ऊंचाइयों को छूआ है